सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है

आज दिल्ली के हृदय और फेफडा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढने और टीकाकरण को जन आदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पडती है

आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केन्द्रों पर दोषहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रणिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं राज्य में टीकाकरण अभियान जारी है साठ साल से ज्यादा उम्र के अधिकांश लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करायी जा चुकी है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए सजग रहने और जरूरी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का आहवान किया है पब्तिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है दस साल से छोटे बच्चे साठ साल से ऊपर के लोग गर्भवती महिलाएं एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें दूसरा इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए मास्क का इस्तेमाल सोशल डिस्टॅसिंग का अनुपालन जरूर करें अब वैक्सीनेषान की कार्रवाई शुरू हो चुकी है साठ साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है

भारत में कोराना वायरस के पहले मामले की पृष्टि होने के साथ ही आकाशवाणी लोगों को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने पिछले मार्च में लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रंखला की श्रूआत की आज तीन सौ पचासवीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है

श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात पर रात साढे नौ बजे से कॉल कर सकते हैं प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि र्किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के तीन उपाय दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना मास्क लगाना और सैनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा